मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नेपाल के ऐतिहासिक शहर जनकपुर में विवाह पंचमी कार्यक्रम में लिया हिस्सा

प्रदेश के विभिन्न जिलों में बूंदाबांदी और तेज हवाओं के चलते ठंडक बढ़ी

इस लक्ष्य को कौशल निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों किफायती दर पर दवाए और टीके उपलब्ध कराकर तथा जानकारी के आदान प्रदान के कार्यक्रमों में सहयोग के ज़रिए हासिल किया जा सकेगा श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में चौथे भागीदारी मंच का उद्घाटन करते हए कहा कि भारत उन शुरूआती देशों में शामिल है जिन्होंने किशोरों के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को लागू करने पर विशेष जोर दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए बड़ी बजट राशि आवंटित करने और इसकी निगरानी के लिए सोच में बदलाव की ज़रूरत है श्री मोदी ने कहा मां स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और बच्चे का स्वस्थ रहना उसका भविष्य तय करेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि इंद्रधनुष मिशन के तहत पिछले तीन वर्षों में तीन करोड़ अट्ठाईस लाख बच्चों और चौरासी लाख गर्भक्ती महिलाओं को टीके लगाए जा चुके हैं

इस सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को तेजी से लागू करने के लिए समी प्रयास सुनिश्चित करना है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार दो हजार पच्चीस तक स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च को सकल घरेलू उत्पाद का दो दशमलव पांच प्रतिशत करके सौ अरब डॉलर से ज्यादा कर देना चाहती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विवाह पंचमी के अवसर पर नेपाल के ऐतिहासिक शहर जनकप्र में सुप्रसिद्द जानकी मंदिर में पूजा अर्चना की मंदिर पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया इसके बाद श्री योगी ने नेपाल के प्रांत दो के मुख्यमंत्री लालबाबू राऊत और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की

इस अवसर पर नेपाल के संस्कृति मंत्री रविन्द्र अधिकारी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और भारतीय राजदूत मंजीव सिंह पुरी मौजूद थे हिन्दू कलैन्डर के अनुसार माघ शीर्ष में शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्रीराम और देवी सीता का विवाह हुआ था विवाह पंचमी का यह पर्व भारत और नेपाल के नागरिकों के बीच प्राचीन और गहरे सामाजिक व सांस्कृतिक रिश्तों को और मज़बूती प्रदान करता है इस अवसर पर भारत से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जनकपुर जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के नये गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि केन्द्रीय बैंक विकास की रूपरेखा तैयार करने पर ध्यान केन्द्रित करेगा और समय रहते आवश्यक कदम उठायेगा उन्होंने भरोसा दिलाया कि रिजर्व बैंक सभी संबंद्व पक्षों के साथ निष्पक्ष और तटस्थ होकर विचार विमर्श करेगा रिजर्व बैंक और केन्द्र सरकार के बीच मतमेदों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में श्री दास ने कहा कि हर संस्था की अपनी स्वायत्तता होती है और उसके साथ ही उसकी जवाबदेही भी बनती है आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के त्याग पत्र के बाद श्री दास को इस पद पर नियुक्त किया गया उन्नीस सौ अस्सी बैच के तमिलनाड् कैडर के आईएएस रहे शक्तिकांत दास नोटबंदी के दौरान वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव की ज़िम्मेदारी निभा चुके हैं श्री दास की नियुक्ति तीन वर्षो के लिये की गई है चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री सिद्वार्थनाथ सिंह ने कहा है कि आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराये जाने के उद्देश्य से टेली मेडिसिन और टेली रेडियोलॉजी की सह्लियतें अगले माह से शुरू कर दी जायेंगी जबकि जनवरी माह के दूसरे पखवाड़े में एक सौ पचास मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भी लांच की जायेगी श्री सिंह कल लखनऊ में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे उन्होंने कहा कि टेली मेडिसिन के लिये राज्य को दो क्लस्टर में बांटा गया है जिसके तहत प्रदेश के अट्ठाईस जिले कवर होंगे उन्होंने कहा कि टेली मेडिसिन के तहत लोगों को टेली कंसल्टेंसी और वीडियो कंसल्टेंसी की सुविधा मिलेगी जबकि टेली रेडियोलॉजी में एक्स रे सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधाएं दी जायेंगी प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी और तेज़ हवाओं की वजह से अचानक ठंडक में बढ़ोत्तरी हो गई है आगरा और फ़िरोजाबाद में कल सुबह बारिश होने से तापमान में गिरावट आ गई और ठंड में इज़ाफा हो गया मौसम में अचानक आये इस बदलाव से न सिर्फ आवागमन पर असर पड़ा है बल्कि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति भी अपेक्षाकृत कम रही उधर बदायू मैनपुरी और पीलीभीत जिलों में बूंदाबादी और कानपुर में तेज हवाओं के कारण सर्दी बढ़ गई है शाहजहापुर और हमीरपुर में दिनभर धूंध छायी रही जबकि सर्द हवाओं का क्रम जारी है लखनऊ में ठंडी हवा और बदली छायी रहने से लोगों ने मौसम में अचानक आये परिवर्तन का एहसास किया इस बीच जिलाधिकारी कौशल किशोर शर्मा ने मौसम में बदलाव और ठंड के कारण लखनऊ जिले के इंटरमीडिएट तक के सभी विद्यालयों को कल सुबह नौ बजे से खोलने का निर्देश दिया है पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आसमान में बादल छाए हुए हैं ठण्डी पुरवा हवाएं चल रही हैं मुख्य सचिव अनूप चन्द्र पाण्डेय ने अधिकारियों को नोएडा में निवेश के लिये प्रस्तावित परियोजनाओं के निवेशकों को प्रेजेन्टेशन प्रस्तुत करने के लिये आमंत्रित करने का निर्देश दिया है श्री पाण्डेय कल लखनऊ में इंवेस्टर्स समिट के दौरान हुए एमओयू के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने उद्यान प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेशकों को और अधिक सुविधाये देने के लिये मौजूदा प्रसंस्करण नीति में संशोधन किये जाने के लिये जूरी कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये मुख्य सचिव ने नगर विकास विभाग से संबंधित एमआेयू की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाओं में निवेश करने वालों को बिजली आपूर्ति विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय दरों पर कराई जाये जौनपुर जिले में एक मार्ग दुर्घटना में तीन महिलाओं सहित छह लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गये यह हादसा कल दोपहर केराकत थाना क्षेत्र के तहत कुसरना गांव के करीब उस समय हुआ जब टायर फटने से तेज रफ़तार ट्रक अनियंत्रित होकर सवारी से भरी एक टैम्पो पर चढ़ गया घायलों की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया है बलरामपुर जिले में सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत स्थानीय सांसद दद्दन मिश्रा ने कल सौ से अधिक दिव्यांग बच्चों को कृत्रिम उपकरण प्रदान किये वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हए श्री मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास के आधार पर समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिये काम किया जा रहा है उन्होंने कहा कि इन उपकरणों की सहायता से दिव्यांग बच्चों को हौसला मिलेगा और वह पढ़ लिखकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे इस अवसर पर कार्यक्रम समन्वयक आभा त्रिपाठी ने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत इन बच्चों को चिन्हित किया गया और एल्मिको कानपुर के सहयोग से इन्हें यह उपकरण दिये गये हैं ताकि इन बच्चों को स्कूल आने और पढ़ने लिखने में ज़रूरी मदद मिल सके